राज्य विद्यत बोर्ड लिमिटेड तकनीर्की कर्मचारी संघ के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हए उन्होंने ये बात कही जयंराम ठाकुर ने कहा कि अब तक दस हजार मैगावॉट ऊर्जा का दोहन करने के अलावा निजी सार्वजनिक व सरकारी सहभागिता के माध्यम से शेष क्षमता का दोहन करने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही नई ऊर्जा नीति तैयार करेगी मुख्यमंत्री ने लाइनमैन से फोरमैन बनने के न्यूनतम सेवाकाल को सात से घटाकर पांच साल करने की घोषणा की रेडक्रॉस आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए शिमला स्थित राजभवन में हुए एक कार्यक्रम में राज्यपाल व सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य देववत ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई उन्होंने लोगों से रेडक्रॉस के सदस्यों व स्वयंसेवियों को इस अभियान के उद्देश्यों को सुदृढ़ करने के लिए पूरा सहयोग देने की अपील की आचार्य देवव्रत ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रेडक्रॉस से जुड़े लोगों को इससे संबंधित गतिविधियों को जनआंदोलन बनाने का आग्रह किया लेडी गर्वनर दर्शना देवी को इस मौके रेडक्रॉस झंडा लगाया गया मुख्यमंत्री की पत्नी डाक्टर साधना ठाक्र भी कार्यक्रम में मौजूद रही ज़िला रेडक्रॉस सोसाइटी व ज़िला प्रशासन के सहयोग से रिज मैदान से नशे के खिलाफ मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया मैराथन दौड़ में शिमला के अलावा अन्य जिलों से आए धावकों ने भाग लिया

इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नशे की आदत से दूर रहकर युवाओं को अपनी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगानी चाहिए ताकि समाज को लाभ मिल सके भेंट भारत में नार्वे के राजदूत नील्ज़ रागनर कामस्वेग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में भेंट की राजदूत ने प्रदेश में जलविद्युत व पर्यटन क्षेत्रों में नार्वे द्वारा निवेश की संभावनाओं पर चेर्चा की उन्होंने कहा कि हिमाचल में जलविद्युत ऊर्जा क्षेत्र में आपार संभावनाएं है और नार्वे के पास इस क्षेत्र में मौजूद अत्याध्रनिक तकनीक की मदद से इसका सम्पूर्ण दोहन किया जा सकता है कामस्वेग ने मुख्यमंत्री को नार्वे द्वारा जलविद्युत उत्पादन में प्रयोग की जा रही आधुनिक तकनीक के बारे में बताया सुक्खू भेंट उधर नार्वे के राजदूत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाक्र सुखविंदर सिंह से भी शिमला स्थित पार्टी कार्यालय में भेंट की पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि करीब एक घंटे पर चली शिष्टाचार भेंट में दोनों के बीच हाइड्रो पावर प्राजेक्ट बागवानी और पर्यटन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को लेकर चर्चा हई शपथ पत्र कोटखाई छात्रा दृष्कर्म व हत्या मामले में सीबीआई ने आज उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया सीबीआई के निदेशक ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि वे गुड़िया मामले में सीबीआई की जांच से संतृष्ट हैं समाचार ऐजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के मुताबिक सीबीआई निदेशक स्वयें न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और उनकी तरफ से वकील ने ये शपथ पत्र न्यायालय को सौंपा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने शपथ पत्र पढ़ने के बाद सीबीआई निदेशक को अदालत में निजी तौर पर पेश होने से राहत दे दी

मौसम प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सकिय होने से मई माह में उंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हिमपात और निचले क्षेत्रों में जोरदार वर्षा व ओलावृष्टि से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है इस बर्फबारी व ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट आई है और गर्मियों के मौसम में लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि लाहौल स्पीति जिले में पिछले दो दिन से हिमपात व बारिश का क्रम रूक रूक कर जारी है

रोहतांग दर्रा दो दिन से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है बर्फबारी से मनाली लेह और ग्रम्फू काजा मार्ग खोलने का कार्य भी बाधित हो रहा है चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि उपरी चोटियों पर हिमपात व निचले क्षेत्रों में रूक रूक कर वर्षा हई इससे रावी नदी सहित अन्य नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि हिमपात व वर्षा से सेब पौधों को नुकसान हुआ है निचले जिलों हमीरपुर बिलासपुर मंडी और सोलन में वर्षा व ओलावृष्टि से टमाटर शिमला मिर्च सहित अन्य नकरी फसलें प्रभावित हुई हैं राजधानी शिमला व आस पास के इलाकों में दोपहर के समय बारिश के साथ जोरदार ओलावृष्टि हुई जिससे ठंड महसूस की जा रही है